आज हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के दीक्षांत परेड समारोह में आईपीएस प्रोबेश्नर्स से वीडियो कॉफेंन्सिंग के माध्यम से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि नए पुलिस अधिकारियों को अपने आस पास के थानों को सामाजिक विश्वास का केन्द्र बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए

तमिलनाड़् की किरण श्रुति ने परेड का नेतृत्व किया अकादमी के इतिहास में ऐसा चौथी बार हुआ है जब महिला अधिकारी ने परेड का कमांड किया है

बैठक में श्रीमती सीतारामन ने बैंकरो से कहा कि ऋणों की अदायगी से स्थगन हटाते समय कर्जदारों की मदद करने का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए

इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया भी कोरोना संकमित हो गये है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिवीट कर श्री पूनिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना संकमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने देहलवाल का पशु मेला निरस्त कर दिया है

वहीं भारत प्रति दस लाख की आबादी पर कोविड रोगियों की सबसे कम संख्या वाले देशों में से एक है

पिछले पांच महीनों में कोरोना जांच क्षमता में बढोतरी हुई है

इन्हें एयर इंडिया निजी और विदेशी एयरलाइन चार्टर्ड उडान नौसेना के जहाजों और सीमा क्रॉसिंग से स्वदेश लाया गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वंदे भारत मिशन का छठां चरण पहली सितम्बर से शुरू हो गया है

राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं इसी महीने के तीसरे सप्ताह में संचालित करने का निर्देश दिया है